निशंक मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि किचन गार्डन योजना के माध्यम से बच्चों में कुपोषण और सुक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा उन्होंने बताया कि प्रत्येक किचन गार्डन को पांच हजार रुपया दिया जा रहा है स्कूलों में किचन गार्डन परियोजनाओं को लेकर आज राज्यसभा में ने सदन के सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी योजना है गौरतलब है कि मंत्रालय ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में फल सब्जियां उगाने और खाने की व्यवस्था की है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस योजना का नाम किचन गार्डन रखा है एक अन्य सवाल के जवाब में केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि देश में सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा कानून है और इसका पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है बैठक मुख्य सचिव मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों में चिकित्सकों पैरामेडिकल स्टाफ एएनएम आशा कार्यकर्ती और सहायिकाओं के रिक्त पदों में भर्ती करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं राज्य के सीमान्त क्षेत्रों से पलायन रोकने आबादी और बसावटों में वृद्धि के लिए सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार कार्य योजना बनाने संबंधी बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हई बैठक में आवश्यकतानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने नीति और दारमा घाटी में चिकित्सा सुविधाओं को प्राथमिकता देने सीमान्त जनपदों के चिन्हित विकासखण्डों में विशेष सुविधा या भत्ता प्रदान किये जाने पर विचार विमर्श किया गया राज्य के सीमांत जनपदों उत्तरकाशी चमोली पिथौरागढ़ चम्पावत और उधमसिंहनगर के सीमान्त क्षेत्रों के साथ ही सुदूरवर्ती विकासखण्डों भटवाड़ी जोशीमठ कनालीछीना मूनाकोट मुनस्यारी धारचूला लोहाघाट चम्पावत और खटीमा में विशेष रूप से कार्य किए जाने के लिए तु कार्ययोजनाएं तैयार करने पर भी विस्तार से चर्चा हुई मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज डोईवाला में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हंस फाउंडेशन का आभार जताया उन्होंने कहा कि संस्था के सामाजिक कार्यो का लाभ राज्य को मिल रह है जो उनकी सेवा भाव को प्रदर्शित करता है

देहरादून जिले के प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य और विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल ने विधिवत् पूजा अर्चना के बाद गन्ने की पोली को क्रेन में डाल कर पेराई सत्र का श्भारम्भ किया इस अवसर पर डोईवाल शुगर मिल में विभिन्न प्रजाति के गन्ने और कृषि यन्त्र की प्रदर्शनी भी लगाई गई वहीं कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार जल्द ही मिल कर्मचारियों के साथ ही गन्ना किसानों के बकाया भुगतान भी करेगी युवा महोत्सव प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि उत्तराखंड की समृद्व और गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता है और यूवा वर्ग इस दिशा में सकारात्मक और निर्णायक पहल कर सकता है देहरादून में आयोजित जनपद स्तरीय युवा महोत्सव में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन की दिशा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन अनुठी पहल है प्रदेश के रीति रिवाजों संस्कृति और धरोहर के प्रचार प्रसार और संरक्षण में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विशेष योगदान है इससे युवा पीढ़ी को प्रदेश की गौरवमयी संस्कृति और सभ्यता से रूबरू होने का मौका मिलता है युवा महोत्सव में देहरादून जिले के चकराता कालसी विकासनगर सहसपुर डोईवाला और रायपुर विकास खंडों की सांस्कृतिक टीमों ने प्रतिभाग किया इस महोत्सव के दौरान एकाकी लोक नृत्य लोकगीत शास्त्रीय गायन शास्त्रीय वादन और शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता हई प्रशिक्षण अल्मोड़ा अल्मोड़ा में कोसी स्थित ग्रामीण तकनीकि परिसर में ग्रामीणों को अदरक से सौंठ बनाने का प्रशिक्षण दिया गया एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में किसानों को अदरक के बीज सुरक्षित की विधि भी बताई गई

इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि अदरक से सौंठ बनाने में बहुत कम लागत लगती है

वहीं अदरक को जंगली जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं मौसम प्रदेश में चारों धाम सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आज भी बर्फबारी हुई है जबकि कई क्षेत्रों में मौसम की पहली बारिश हुई

देहरादून हरिद्वार पौड़ी टिहरी चमोली अल्मोड़ा बागेश्वर नैनीताल चंपावत समेत सभी जिलों में बारिश हुई है कुछ जगह कल रात से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था चमोली जिले में लगातार दो दिनों से बर्फबारी और बारिश हो रही है औली बर्फ से लबालब हो चुकी है भारी ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में यहां पर्यटक उमड़ रहे हैं मौसम के मद्देनजर चमोली के जिलाधिकारी ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों सहित सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में आज अवकाश घोषित किया था बागेश्वर जिले में पिंडर घाटी के उंचाई वाले क्षेत्रों में भी हिमपात हुआ है टिहरी अल्मोड़ा और चंपावत में आज मौसम की पहली बारिश हुई वहीं कई जगह ओलावृष्टि भी हुई बारिश और बर्फबारी के बाद चल रही सर्द हवाओं से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं कई जगह बिजली भी बाधित रही जिससे लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा हालांकि बारिश और बर्फबारी से किसान खुश हैं उनका कहना है कि बारिश गेहूं सरसो विभिन्न दलहनी फसलों की बुवाई और निराई गुड़ाई के लिए फायदेमंद है मौसम विभाग के मुताबिक कल और परसो मैदानी इलाकों में भारी कोहरा छाने की संभावना है पिथौरागढ़ उपचुनाव पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के उप चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी चन्द्रा पंत को विजयी घोषित किया गया राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार आज कुल दस चरणों में हुई मतगणना में शुरू से ही भाजपा प्रत्याशी ने बढ़त बना रखी थी

यह सीट राज्य के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री प्रकाश पन्त के निधन के बाद रिक्त हुई थी भाजपा ने उनकी पत्नी चन्द्रा पन्त को यहां से प्रत्याशी बनाया था

इनमें पोस्टल वोट भी शामिल हैं

भाजपा प्रत्याशी ने इस जीत के लिए जनता का आभार जताया है वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जनादेश स्वीकार करते हुए जनता का धन्यवाद दिया

हरिद्वार पहुंचे हरियाणा के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि महाकुंभ को हरियाणा और उत्तराखंड सरकार मिलकर एक भव्य रूप देने का प्रयास करेगी उन्होंने बताया कि कुंभ में हरियाणा से हरिद्वार तक यात्रियों की सुविधा के लिए अलग से कई बस लगाई जाएंगी जिससे यहां आने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके मूलचंद शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड सरकार को जितनी आवश्यकता होगी उसके आधार पर हरियाणा सरकार कुंभ को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेगी विज्ञान महोत्सव डॉ एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान गणित और पर्यावरण महोत्सव आज से राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार में शुरु हो गया है

इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ विधायक दिलीप रावत और अकादमी शोध एवं संस्थान की निदेशक सीमा जौनसारी ने सयुंक्तरुप से किया

उन्होंने बताया कि महोत्सव के तीन मुख्य हिस्से हैं इसमें विज्ञान मेला विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान ड्रामा है सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया जाएगा विज्ञान महोत्सव में कई बाल वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर रहे है जिन्हें काफी प्रशंसा भी मिल रही है बीएसएनएल केन्द्र ने सरकारी टेलीफोन कम्पनी बी एस एन एल और एम टी एन एल को प्रतिस्पर्धी और पेशेवर बनाने के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई है राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केन्द्र ने बी एस एन एल और एम टी एन एल में सुधार के लिए कई कदम उठाये हैं उन्होंने कहा कि दोनों दूरसंचार कम्पनियों के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का फायदा देने का प्रस्ताव किया गया है